उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में भारी संख्या में भाग लेने के लिए मतदाताओं का आभार जताया

मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आज शिमला में उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के शहरी इलाकों में आपदा न्यूनीकरण की चुनौतियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र इस दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ करेंगे शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे कार्यशाला में जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और लद्दाख सहित अन्य राज्यों के विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन को लेकर विचार विमर्श करेंगे बाद में मुख्यमंत्री सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री का एक जनसभा को सम्बोधित करने का भी कार्यक्रम है भेंट प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी ने कल शिमला रिथत राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की यह एक शिष्टाचार भेंट थी कलदीप धतवालिया सूचना व जन सम्पर्क विभाग द्वारा शिमला के समीप हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में लोक सम्पर्क अधिकारियों और उप सम्पादकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक कूलदीप सिंह धतवालिया ने कल इसके शुभारंभ अवसर पर कहा कि जन सम्पर्क सरकार मीडिया और जनता के बीच सूचना के आदान प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है उन्होंने जन सम्पर्क अधिकारियों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि वे किसी भी तरह की स्थिति से निपुणता से निपट सके सूचना व जनसम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विभागीय अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा निशानेबाजी प्रदेश विश्वविद्यालय की राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता कल राजकीय महाविद्यालय संजौली में आरंभ हुई प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल विभाग की पूर्व निदेशक सुमन रावत ने किया सुमन रावत ने इस मौके पर कहा कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखा जा सकता है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर अधिकांश समाचार पत्रों ने आज उपचुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के मुताबिक धर्मशाला में पांच मतदान केन्द्रों में वीवीपैट मशीनों में आई खराबी दैनिक भास्कर लिखता है हिमाचल की दो विधानसभा सीटों पर उपच्चनाव में भारी मतदान वहीं अजीत समाचार का कहना है कांग्रेस व भाजपा में दोनों सीटों पर कड़ा मुकाबला

हिमाचल में टीसीपी नियमों में संशोधन की कवायद तेज नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किये गए अब डवेलपमेंट प्लान भी बदलेंगे आपका फैसला की खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है हिमाचल में फ्लोर एरिया रेशो के आधार पर बनेंगे भवन इसी खबर पर हिमाचल दस्तक लिखता है शहरों में एक से होंगे भवन निर्माण नियम चार मंजिल तक भवन बनाने की अनुमति देने की तैयारी

आयुर्वेद विभाग में हुए घोटाले पर दैनिक जागरण ने लिखा है चार्जशीट न देने पर निदेशक से जवाब तलब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है वैज्ञानिक सोच के लिये उपयुक्त वातावरण जरूरी अमर उजाला की खबर है ऊना के बाद तीन और जिलों में पेट्रोल गैस की खोज मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है आज से मैदानों में बारिश पहाड़ों पर होगी बर्फबारी